बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया ै

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं चुनाव प्रकिया में मतदाताओं की भागीदारी बढाने के लिए सभी वर्गों खासकर दिव्यांग मतदाताओं का मत प्रतिशत बढाने के प्रयासों के तहत यह पहल की गयी है ब्रेलयुक्त ईपीआईसी के लिए निर्धारित प्रारूप में एक तरफ ब्रेल लिपि में ईपीआईसी नंबर मतदाता का नाम जन्मतिथि और आय़ दर्ज होगी जबकि दूसरी तरफ मतदान केन्द्र संख्या विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या दर्ज होगी आयोग ने कहा है कि सीईओ समय से ईपीआईसी बनाने और वितरण करने में निजी क्षेत्र के वेंडरों की भी मदद ले सकेंगे

आयोग ने इस संस्थान को जिर्म्मेदारी दी थी कि वह वीवीपैट मशीनों की पर्चियों को ईवीएम मशीनों से मिलान प्रतिशत बढ़ाने के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करे ताकि यह पता चले कि यह काम कितना संभव और व्यावहारिक है स्टेटिसटिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली के प्रमुख प्रो अभय जी भट्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्र ये रिपोर्ट पेश की

विभिन्न जिलों में होली पर्व के दौरान भी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उददेश्य से नवाचार किए गए हमारे चित्तौड़ संवाददाता ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से जिले के विभिन्न गांवों में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं

कोष के संचार निदेशक गैरी राइस ने बताया कि पांच वर्ष में भारत में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किये गये है और उच्च विकास दर बनाये रखने के लिए अभी और सुधार किये जाने चाहिए श्री राइस ने कल रात वाशिंगटन में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भारत में पिछले पांच साल में वृद्धि दर करीब सात प्रतिशत रही है

सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में आज रंगोत्सव पर लोगों ने एकदूसरे को रंग और गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दीं

विभिन्न स्थानों पर पुलिसकर्मियों के लिये विशेष आयोजन किर्ये गये जयपुर में भी पुलिस लाईन में पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को जमकर रंग लगाया पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को और सभी पुलिसकर्मियों को बधाई और शुभकामनाए दी है

प्रतापगढ में पुलिस लाइन में आज पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने देशभक्ति के गीतों का आनन्द लेते हुए होली खेली चूरू में पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया बांसवाड़ा रिजर्वे पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया

इस अवसर पर ताजा पानी के महत्व और ताजा पानी के स्रोतों के टिकाऊ प्रबंधन के प्रयासों पर बल दिया जाता है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

प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजन हुए सिरोही जिले के आबूरोड में प्रजापिता ब्रहमाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित जल संरक्षण कार्यक्रम में बडी तादाद में आये लोगों ने जल बचाने का संकल्प लिया झालावाड़ जिले में विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जल संरक्षण पर लोगों को आगरूक करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया ब्रंदी में स्काउट गाइड द्वारा जनचेतना संगोष्ठी कार्यशाला और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया

एक ट्वीट में श्री कोविंद ने आशा व्यक्त की है कि आगामी वर्ष सभी परिवारों के लिए उत्तम स्वास्थ्य समृद्धि और खुशहाली लाएगा

जयपुर को सात मैचों की मेजबानी मिली है इस बीच राजस्थान रॉयल्स के सभी खिलाड़ी जयपुर पहुंच चुके हैं और दिन के समय तथा रात को फ्लड लाइटस में जमकर अभ्यास कर रहे हैं

पुलिस ने बताया कि आरोपी मोटरसाईकिल पर सवार थे दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है

यह हादसा थलसेना के नॉर्थ केम्प के स्क्रेप में विस्फोट होने से हुआ

मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बानसूर थाने में मामला दर्ज कराया है